उन्होंने कहा कि जुकाम जैसे लक्षण आने पर लोगों को खेच्छा से अपनी जांच करवाने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल आने वाले लोगों से आग्रह किया कि अपने बारे में पंचायती राज संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करें ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें चिकित्सीय सहायता की सलाह दी जा सके पंचायराज दिवस आज राष्ट्रीय पंचातराज दिवस है

इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र थाना कंला ऊना थ्रनाग मंडी अवाहदेवी हमीरपुर में स्थित टेलीमैडिसन केन्द्रों का ऑनलाईन उद्घाटन करेंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नैटवर्क पर प्रसारित होगा हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

अब एक नजर अखबारों की सर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मौसम और कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमपात से उत्पात ऊँचाई वाले इलाकों में सेब के पौधों को नुकसान कई सड़कें बंद संजौली में एक इमारत गिरी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बारिश बर्फबारी ने बर्बाद किए किसान बागवान

अजीत समाचार लिखता है हिमाचल में बर्फबारी से फिर लोटी सर्दी

मुख्यमंत्री ने डीडीयू में ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज संबंधी ख़बर भी अख़बारों में प्रकाशित है कर्मचारियों के बाद अब पैंशनर की एक दिन की बेसिक पैंशन काटने के निर्देश की ख़बर भी अख़बारों में प्रकाशित है हिमाचल दस्तक का कहना है आज और कल बाजार रहेंगे बंद सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी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 नमस्कार